राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त रूख अपनाया रायपुर और कवर्धा में हड़ताल कर रही बारह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किया गया

कोंडागांव जिले के बयानार क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे दो मजदूरों की हत्या की सुप्रीम कोर्ट एसटी एससी उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून उन्नीस सौ नवासी के अंतर्गत लोकसेवकों के खिलाफ मामलों में अग्निम जमानत देने के बारे में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है न्यायालय ने कहा कि कानून के दुरूपयोग को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय शामिल किये गए हैं शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट श्रमिक उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह निर्माण क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों की शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा और पेंशन से संबंधित मुद्दों के हल के लिए तीस सितंबर से पहले कोई आदर्श योजना तैयार करे न्यायालय ने कहा है कि ये श्रमिक आधारभूत सुविधाए ही तैयार नहीं करते राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं

आज रायपुर में दो और कवर्धा में हड़ताल कर रही दस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया अन्य जिलों से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त रूख अपनाए जाने की खबरें मिल रही हैं आज बर्खास्त किए गए लोगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की राज्य स्तरीय नेता पदमावती साहू भी शामिल हैं इस बीच दुर्ग जिले में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टोरेट का घेराव कर प्रदर्शन किया वहीं कवर्धा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर नगर में रैली निकाली तथा कलेक्टोरेट का घेराव किया गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता न्यूनतम अट्ठारह हजार रुपए वेतन देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं राज्य शासन ने बीते दिनों आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने के निर्देश दिए थे और ऐसा नहीं करने पर बर्खास्त करने की चेतावनी भी दी थी लोक सुराज अभियान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज लोक सुराज अभियान के तहत जांजगीर चांपा जिले में अमोरा गांव का दौरा ॅकिया और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली इस दौरान मुख्यमंत्री ने जर्जर मार्ग के नवीनीकरण के लिए उनतीस करोड़ तिरसठ लाख रूपए की राशि मंजूर की मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर अमोरा में उच्च क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगवाने की भी घोषणा की साथ ही ग्रामीणों की मांग पर अन्य अनेक विकास कार्यों की भी मंजूरी दी इससे पहले लोक सुराज अभियान के तहत बीती शाम मुख्यमंत्री ने जशपुर में रायगढ़ और जशपुर जिलों की संयुक्त समीक्षा की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले में आगामी छह माह में हर महीने दस हजार बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया इसी तरह रायगढ़ जिले में इक्कीस हजार घरों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है पुनिया पत्रकारवार्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अपने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद ही मुख्यमंत्री के बारे में फैसला किया जाएगा श्री पुनिया आज एकदिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे वे टेकाहरदी में रानी अवंति बाई बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए जिले में अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ बिलासपुर से होगा इसमें पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है

आगामी एक अप्रैल से रोजगार सहायकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलने लगेगा इस आदेश के मुताबिक पांच साल या उससे अधिक अवधि वाले रोजगार सहायकों को चार हजार छह सौ पच्चीस रूपये के स्थान पर अब छह हजार रूपये तथा पांच वर्ष तक की सेवा वाले रोजगार सहायकों को पांच हजार रूपये के मान से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात बयानार थाने के अंतर्गत के आदनार गांव में तीस चालीस की संख्या में माओवादियों ने धावा बोला और सड़क निर्माण में काम करने वाले दो मजदूरों की पिटाई के बाद उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी इस दौरान माओवादियों ने घटनास्थल पर मौजूद कुछ अन्य मजदूरों के साथ भी मारपीट की गैस प्लांट आग महासमुंद जिले में आज एक घरेलू उपयोग की गैस टंकी बनाने वाले प्लांट में आग लग गई इस घटना में किसी तरह की जनहानि की खबर अब तक नहीं है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के बेलसोंडा गांव में स्थित इस गैस प्लांट में आज दोपहर आग लग गई बताया जाता है कि आगजनी के दौरान प्लांट में करीब चार सौ श्रमिक काम कर रहे थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है सिकलसेल जांच प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल इक्कीस मार्च को सिकलसेल की जांच का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है इसके तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहंचेगी और एक ही समय में गर्भवती महिलाओं तथा तीन से अट्टारह वर्ष तक के बच्चों सहित करीब पांच लाख लोगों में सिकलसेल की जांच की जाएगी स्वास्थ्य विभाग की मंशा इस अभियान के माध्यम से विभाग का नाम गोल्डन ब्रक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की है

इस अवसर पर रायपुर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है यह कार्यशाला सतत जीविकोपार्जन का आधार लघु वनोपज का व्यापार विषय पर आयोजित की जा रही है विश्व वानिकी दिवस की पूर्व संध्या पर दिए गए अपने संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सभी लोगों से पेड़ पौधों और जंगलों को बचाने के लिए आगे आने और सक्रिय सहयोग की अपील की है नया रायपुर स्मार्ट सिटी नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अमन कुमार सिंह ने कहा है कि नया रायपुर इक्कीसवीं सदी के भारत का पहला सुव्यवस्थित और योजनाबद्व बसाहट वाला इकोफ्रेंडली शहर है कल नई दिल्ली में आयोजित इनोवेशन समिट दो हजार अट्ठारह में श्री सिंह ने कहा कि नया रायपुर का विकास आम लोगों के स्मार्ट जीवन के अनुकूल तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि नया रायपूर में नागरिकों के लिए बह मॉडल परिवहन सुविधा तैयार की गई है बाल श्रम अभियान बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बचाव अभियान की शुरुआत की है आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने कल शाम रायपुर में मरीन ड्राइव तेलीबांधा तालाब के पास भिक्षावृत्ति कर रहे चार बच्चों और उनसे भिक्षावृत्ति करा रहे परिजनों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया है आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर बाल श्रम कर रहे और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के बचाव के लिए अभियान चलाया जाएगा

इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम चित्रकला रंगोली प्रतियोगिता और प्रश्न मंच का भी आयोजन किया गया आज विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस है इस अवसर पर जिला चिकित्सालय और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों द्वारा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है